उसे क्वारिटिन फेसिलिटी में रखा गया है यह छात्र एसिम्टोमेटिक बताया जा रहा है और उसे कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है बताया जा रहा है कि दिल्ली से दो बसों में अद्वारह मई को इकसठ यात्री अरुणाचल पहँचा

रविवार की शाम तक राज्य भर से पांच हजार चार सौ अट्ठाईस स्वाब सेंपल जाँच के लिए एकत्र किया गया जिसमें से चार हजार चार सौ नब्बे निगेटिव प्ण जाँच के बाद बासठ निगेटिव और आठ सौ तिहत्तर सेंपल्स के परिणाम आना बाकी है और एक का पोजिटिव रिपोर्ट आया है इसके साथ ही राज्य में अब एक सक्रिय कोविड मामला है

इस दौरान नेहरु य्वा केंद्र के स्वयं सेवको ने सोशल डिस्टेन्सिंग को कायम रखते हए जरुरतमंदो को मास्क वितरित किया

इस अवसर पर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने म्सलमान सम्दाय को श्भकामनाए दी श्री खांड्र ने इस अवसर पर वेश्विक शांति क्षमा और विश्व में एकता का पैगाम फैलाने की अपील की वहीं राज्यपाल ने आशा जताई कि यह उत्सव सबको शांति सामंजस्य और सहनशीलता के पथ पर चलने को प्रेरित करेंगे

उन्होंने इन केंद्रों पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया श्री लोया ने हिस्साम चेक गेट में रेजिस्ट्रेशन और राज्य के बाहर से आ रहे लोगों को चेक गेट में फंसाकर न रखते हए उनके गंतव्य तक पहँचाने के लिए अधिक अधिकारियों की उपलब्धता पर बल दिया

केंद्रीय नागरिक उड्डेयन मंत्री हरदिप सिंह पूरी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाड़ी राज्य द्वीपऔर अन्य शोर्ट हौल रुट को प्राथमिकता दी जाएगी

इन स्विधाओं को तीन श्रेणियों में समर्पित कोविड अस्पताल कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र में बांटा गया है

इसमें सात दिन का सश्ल्क संस्थागत क्वारंटीन भी शामिल होगा इसका खर्च यात्री ख्द वहन करेंगे इसके अलावा उन्हें विशेष परिस्थितियों में अगले सात दिन ख्द अपनी निगरानी में घर पर ही क्वारंटीन की अन्मति दी जा सकती है यह अन्मति मानवीय संकट गर्भवती महिलाओं परिवार में मृत्य् गंभीर बीमारी तथा दस वर्ष से छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता पिता के लिए दी जा सकती है